इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है इस पर्व पर धार्मिक सरोवरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं और तुलादान सहित अन्य दान भी करते हैं शिमला के समीप तत्तापानी और बिलासपुर ज़िले के मारकंड में आज सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्दालु स्नान कर रहें है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मकर सक्रांति के अवसर पर आज शिमला व मंडी ज़िलों की सीमा पर स्थित ततापानी में पर्यटन महोत्सव में शिरकत करेंगे

मौसम राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए है जनजातीय क्षेत्रों में कल हुए ताजा हिमपात से जनजीवन पुरी तरह अस्त व्यस्त है और अधिकतर स्थानों में संचार व विद्युत आपूर्ति भी बाधित है लाहौल स्पीति जिले में डिमरू नाला के पास हिमखंड खिसकने से चन्द्रभागा नदी का प्रवाह रूक गया है ऐसे में जिला प्रशासन ने थिरोट से नीचे रहने वाले लोगों को चन्द्रभागा पुल पार करते समय ऐहतियात बरतने की सलाह दी है

हुंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और उन्हें चंबा ज़िले में भारी बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति से अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने हंसराज को हर संभव मदद का आश्वासन दिया इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप व विधायक बलवीर वर्मा भी मौजूद रहें अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमखंड गिरने से थमी चिनाब मंडी कुल्लू हाईवे पर भूस्खलन पंजाब केसरी की सुर्खी है लाहौल में हिमखंड गिरने से चिनाब नदी का बहाव रूका दिव्य हिमाचल लिखता है आसमान से फिर बरसने लगी आफत दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात शिमला में तूफान ने किया परेशान दैनिक जागरण का कहना है हिमाचल में आफत की बर्फबारी

जबकि आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल के पहाड़ों पर रिकार्ड तोड़ बर्फबारी

दैनिक भास्कर की सुर्खी है नड्डा अगले हफ्ते भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है आईपीएस जैदी के खिलाफ कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्रवाई होगी दिव्य हिमाचल की ख़बर है फोरलेन बन रही सड़कों की मेंटेनेंस को केंद्र देगा पैसा अमर उजाला का कहना है शिमला बाईपास परमाणु सोलन फोरलेन में देरी पर भड़के गडकरी